कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

इसके लिए सुबह से मतगणना शुरू हो गई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर उन्हीं लोगों को अनुमति मिल रही है जिनके पास डबल वैक्सीन प्रमाण पत्र है या उनके पास आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है श्री गुप्ता ने कहा कि पहले दोपहर तक मतगणना के नतीजे आ जाते थे लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना के चलते अब देर शाम तक नतीजे आने की संभावना रहेगी

इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि राजनैतिक दलों के नेता कार्यकर्ता विजेता और समर्थक सभी चुनाव परिणामों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बर्ताव करें उन्होंने कहा कि वर्तमान में बनी हई स्थिति को देखते हए हम सभी का अनुशासनात्मक व्यवहार बेहद आवश्यक है सभी लोग संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग करें

उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा सहायक प्रभारी अधिकारी कोविड केयर सेंटर डॉ निर्मल कुमार जैन ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से ऑक्सिजन युक्त बेड़स के लिए एडमिशन लिए जा रहे हैं जैसे जैसे ऑक्सिजन सिलेंडर कंसेनट्रेटर उपलब्ध होते जा रहे हैं एडमिशन लिए जा रहे हैं वहीं बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने कल पांच जिलों चूरू नागौर सीकर हनुमानगढ श्रीगंगानगर कलक्टर को कोविड मरीजों को बीकानेर की पीबीएम अस्पताल रैफर नहीं करने को लेकर पत्र लिखा है पत्र में बताया गया कि वर्तमान में पीबीएम अस्पताल में कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण अस्पताल अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रहा है श्री मेहता ने इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी सम्बन्धितों को भी सुचित किया है उधर नगर परिषद झंझन की ओर से जन अनुशासन पखवाड़ा के नो मास्क नो मूवमेंट चरण के क्रम में कल रोको टोको अभियान शुरू किया गया

इसको लेकर जिले के वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और कोरोनाकाल में रामबाण बनी औषधियों को अब प्रत्येक घर में लगाया जाएगा ये पौधे वन महोत्सव के साथ जुलाई माह से वितरित किए जाएंगे

देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाया जाने वाला यह तीसरा टीका होगा